मतदाताओं की संख्या सात करोड़ अठारह लाख से अधिक केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री पासवान ने कहा कि पूरे देश में खाद्यान्न पर सब्सिडी के लिए पुराने कार्ड ही चलेंगे

जहां कहीं भी जायेगा उसे उसी राशन कार्ड के ऊपर में अनाज मिलेगा नये राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई इस तरह का प्रचार करता है या जाली क्या कहते हैं निकाल रहा है उसको हम लोगों ने डिपार्टमेंट से कहा है कि देखो और आवश्यकता पड़ी तो इसको सीबीआई को दे दो केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण को देश में चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने यह जानकारी दी बाईट बार बार इस सदन में और प्रधानमंत्री जी के निर्देश में भी ये इंगित हुआ है कि स्टेट्स की जो डाइट डायवर्सिटी है उसको सैलिब्रेट करने का मौका दिया जाये मिलीट को हम चाहेंगे और प्रमोट किया जाये रिफाइंड शुगर की बजाय जैगरी प्रमोट किया जाये पॉम ऑयल कहीं भी बच्चों के न्यूट्रीशीयश टेक होम राशन में इस्तेमाल न हो इस प्रकार का समन्वय हम राज्यों से कर चुके हैं आगे भी करते रहेंगे पटना नगर निगम सहित राज्य के अन्य निकायों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है हड़ताली कर्मी सेवा नियमित किए जाने और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त करने की मांग कर रहे हैं हड़ताल के कारण पटना समेत राज्य के विभिन्न शहरों में गंदगी का अंबार लग गया है

इधर नगर निकायों के हड़ताली कर्मचारियों के नेता चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा है कि आउटसोर्सिंग का निर्णय अन्यायपूर्ण है उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में अभियान चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अर्तगत निबंधित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी प्रदान किया जायेगा श्री मोदी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके लिए बारह फरवरी से पन्द्रह दिन का विशेष अभियान चलाया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि राज्य में बत्तीस लाख किसानों के पास ही केसीसी है जबकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत साठ लाख किसान निबंधित हैं निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन कर दिया है आयोग के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या सात करोड़ अठारह लाख से अधिक है इसी सूची के आधार पर इस वर्ष राज्य में विधानसभा चुनाव कराये जायेंगे आयोग के अनुसार पिछले वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में बारह लाख चालीस हजार से अधिक की बढ़ोतरी हुई है अद्यतन सूची के अनुसार राज्य में तीन लाख उनासी हजार से अधिक प्रूष मतदाता हैं जबकि महिला मतदाताओं की संख्या तीन लाख उनतालीस हजार से ज्यादा है थर्ड जेंडर के वोटरों की संख्या दो हजार तीन सौ चौवालीस है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो जाने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है इधर आज भी प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव दो पूर्णियां का सात दशमलव नौ पटना का आठ दशमलव आठ और भागलपुर का नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया सुपौल में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज की पहचान हुई है राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर रागिनी मिश्रा ने बताया कि संदिग्ध दो दिन पहले भारत चीन सीमा होकर नेपाल के रास्ते अपने घर लौटा है उन्होंने बताया कि मरीज को उसके घर में ही आइसोलेशन में रखा गया है डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि मरीज के रक्त थूक और लार के नमूने को पुणे स्थित वायरोलॉजी लैब जांच के लिए भेजा गया है पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसमें दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा साथ ही इसमें बैंक ऋण बिजली बीमा नगर निगम श्रम विभाग और बीएसएनएल से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जायेगा भगलपुर में खेली जा रही एकलव्य अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में आज दूसरे दिन तिलकामांझी विश्वविद्यालय टीएमबीयू के खिलाड़ियों का दबदबा रहा चक्का फेंक स्पर्धा के पुरूष वर्ग में टीएमबीयू के पुरूषोत्तम कुमार ने पहला स्थान प्राप्त किया वहीं चार सौ मीटर की पुरूष वर्ग की दौड़ में इसी विश्वविद्यालय के कृष्ण कुमार पहले स्थान पर रहे चार सौ मीटर दौड़ गोला फेंक में भी टीएमबीयू के खिलाड़ियों ने पहला स्थना प्राप्त किया वहीं चक्का फेंक की महिला स्पर्धा में मगध विश्वविद्यालय की पूजा पटेल और पांच हजार मीटर दौड़ की महिला स्पर्धा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की खिलाड़ी प्रतिमा कुमारी ने पहला स्थान हासिल किया औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में आज से तीन दिवसीय बाल फिल्म महोत्सव की शुरूआत हुई जिलाधिकारी आरआर महिवाल ने कहा कि महोत्सव में भारत के अलावा अमेरिका जर्मनी और नेपाल की बाल फिल्में दिखायी जायेंगी

भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये वहीं भोजपुर जिले के गड़हनी बाजार के पास सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के चौरासा गांव में अपराधियों ने पूर्व मुखिया के पति की गला रेतकर हत्या कर दी पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के रूपबलिया पंचायत के सचिव साध्र साह को सात निश्चय योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मुहल्ला स्थित एक लॉज से उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले का कुख्यात अपराधी मोहम्मद मुराद अपराधियों के बीच हुए गैंगवार में मारा गया है उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में लूट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं इधर मुंगेर से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रवि यादव को गिरफ्तार कर लिया है उसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अहियापुर मुसहरी में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में एक महिला सहित तीन पर नामजद जबकि एक दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में इलाज करा रहा अपराधी राकेश यादव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया

मतदाताओं की संख्या सात करोड़ अठारह लाख से अधिक